इस अवसर पर बनीखेत के पधर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र में बेहतर संपर्क सुविधाए प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि डलहौजी में पर्यटन की अपार संभावनाए मौजूद हैं और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में उपलब्ध सभी संभावनाओं का पूरी तरह दोहन हो सके इस बीच चंबा में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मास्क अप इंडिया अभियान के तहत प्रदेश में भी एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों का कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के उत्कृष्ट केन्द्र महाविद्यालय संजौली में छात्राओं के लिए निर्भित किए जाने वाले छात्रावास के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को छात्रावास के जल्द निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए

राजीव सैजल ने कहा कि इससे शहर की तंग गलियों में रहने वाले लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी

स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से आहवान किया कि अभी कोरोना का जोखिम खत्म नहीं हुआ है और जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक नियमों का कड़ाई से पालन करें

राज्यपाल ने पत्रिका के प्रकाशक व सम्पादक रूपक मेहता की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि ये पत्रिका देश की कला और समुद्द सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने बढ़ती मंहगाई और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आज विभिन्न जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया शिमला जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय शिमला में धरना प्रदर्शन किया इस अवसर पर कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश बर्बादी की कगार पर खडा है उन्होंने कहा कि बढ़ती मंहगाई और सरकार की जनविरोधी नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया है

माकपा ने राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर की रणनीति बनाकर काम करें

क्षेत्र की छतरपुर टाडा पंचायत के भवन का शिलान्यास करने के बाद कल शाम एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही